इसके लिये प्रचार कार्य चरम पर पहुंच गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जोधपुर में जनसभा को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं लेकिन कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में पर्यटन विकास के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन काल में जनता के विकास से जुड़े जो काम अध्रे रह गए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर पूरा करेगी

करौली जिले के हिण्डौनसिटी में हुई चुनावी सभा में श्रीमती राजे ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले शासनकाल में राजस्थान को बीमारू प्रदेश की श्रेणी खड़ा कर दिया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे फिर अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला दिया है

भीनमाल में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने उनके कार्यकाल में शुरू की गई विकास योजनाओं को कमजोर किया श्री गहलोत ने ब्रंदी के हिंडौली में हुई सभा में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले पांच साल में मुख्यमंत्री जनता से दूर रहीं

श्री पायलट ने सीकर जिले के पाटन नीमकाथाना और दांतारामगढ में भी चुनावी सभाओं को सम्बोधित किया

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने आज नागौर में जनसभा को सम्बोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों के पास किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है

उन्होंने फाइनल में पंजाब की गनेमत शेखों को पराजित किया